उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केन्द्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये है

इनमें राजकीय महाविद्यालय सोलह मील धामी राजकीय वरिष्ठ माध्यभिक पाठशाला रामपुरी क्योंथल के अतिरिक्त भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू का उद्घाटन शामिल है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के तहत निर्भित होने वाले घरोग नालटा और बाग क्यालू सम्पर्क मार्ग की आधारशिला भी रखी

उन्होंने ये भी कहा कि शाली माता मंदिर को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित होने से विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान सीएसआईआर पालमपुर के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद औषधीय पौधों व जड़ी ब्र्टियों पर शोध व विकसित तकनीकों और उत्पादों से प्रदेश को काफी लाभ हुआ है

राज्यपाल ने कहा कि ये संस्थान अपनी तकनीकों को एमएसएमई के माध्यम से प्रदेश व देश में उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है

गोविंद वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकर ने सामरिक दृष्टि से प्रदेश में रेलवे लाइन के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सभी औपचारिकताओं को जल्द प्रा करने के निर्देश दिए उन्होंने विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर मलवा गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गोविंद ठाकुर ने ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताओं को भी जल्द पूरा करने को कहा

राठौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण के उददेश्य से आज से प्रदेशभर में पौध रोपण कार्यक्रम शुरू किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला के क्लिसटन में पौध रोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक कॉर्यो के प्रति भी सजग है